योजना के लगभग आठ करोड़ खाता धारकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्राप्त हो रहा है योजना की छठी वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि इस योजना से एक बड़ा बदलाव आया है और यह गरीबी उन्मूलन के लिए एक आधार है योजना से करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचा है वहीं केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना मोदी सरकार के जन केन्द्रित आर्थिक पहल की आधारशिला है

अस्पताल उदघाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज इंदौर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण किया

यहां पर कार्डियक नेफ़ोलॉजी गेस्ट्रों एंट्रलॉजी न्यूरो प्लास्टिक सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है अंगप्रत्यारोपण की सुविधा इस अस्पताल की खास सुविधाओं में से एक है इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि अस्पताल में मरीजों को सस्ते इलाज की सुविधा मिल सकें अस्पताल के उदघाटन के अलावा इंदौर में अन्य विकास कार्यो का भूमिपूजन और लोकार्पण भी श्री चौहान ने किया पीएम स्वनिधि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मध्यप्रदेश से प्रघानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना में स्वीकृति पत्र वितरण की शुरूआत सितम्बर में करेंगे मध्यप्रदेश इस योजना में देश में नम्बर एक पर है नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने यह बात नगरीय निकायों में कार्यों की समीक्षा के दौरान कही श्री सिंह ने इस योजना में लापरवाही पर नगर पालिका कैलारस और पथरिया के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश दिये गये है

प्राकृतिक आपदा के चलते फसलों को पहुंची क्षति का अवलोकन करने के बाद राज्य के देवास जिले के खातेगांव में श्री चौहान ने किसानों को संबोधित किया उन्होंने कोरोना काल के बीच किसानों पर आयी विपत्ति का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार की कोशिश है कि सभी किसानों का फसल बीमा हो जाए मौसम राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर बारिश का दौर जारी है

इस प्रकार सिवनी जिले में भी कल से बारिश का सिलसिला जारी है यहां भी नदी नाले उफान पर हैं

रायसेन में तेज बारिश के चलते बारना नदी का जलस्तर लगाकर बढ़ रहा है बारना नदी में बने बांध के सभी आठ गेट खोल दिए गए हैं

वहीं जबलपुर में बरगी बांध के गेट पिछले दो दिनों से खुले हुए हैं

इसके चलते नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है प्रशासन द्वारा नदी के किनारे बसें गांवों में अलर्ट जारी किया गया है

कटनी में कल रात से हो रही भारी बारिश के चलते बाढ़ राहत दल को अलर्ट कर दिया गया है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है राजधानी भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश के आसार हैं

कई जगहों पर पर सड़क संपर्क टूट गया है